सीकर के फतेहपुर थानाधिकारी और कॉन्स्टेबल की हत्या के मामले में पुलिस महानिदेशक ने विशेष टीमें गठित कर अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने के निर्देश दिए

आम चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम और मतदान पर्ची मशीन वीवीपैट के शतप्रतिशत आवंटन को सुनिश्चित करने के लिये चुनाव आयोग जल्द ही ईवीएम प्रबंधन सॉफ्टवेयर लाने जा रहा है

एजेंसी के अनुसार ईवीएम और वीवीपैट को ट्रैक करने के लिए एक जबरदस्त प्रणाली लायी जा रही है जो मशीन के प्रत्येक ऑपरेशन प्रारंभिक जांच और चुनाव में आने वाली त्र्टियों पर पूरी नजर रखेगी ईवीएम और वीवीपैट का विनिर्माण सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रमों भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति के तहत और चुनाव आयोग की निगरानी में किया जाता है

निर्वाचन आयोग पांच राज्यों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद ईवीएम और वीवीपैट मशीन के निर्माण और आपूर्ति की स्थिति का जायजा ले रहा है प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद चुनावी गतिविधियां तेज हो गई है और सत्तारुढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा तथा प्रमुख विपक्ष कांग्रेस और अन्य दलों ने रणनीतियां बनानी शुरु कर दी हैं विभिन्न राजनीतिक दलों की बैठकों का दौर शुरु हो गया है दोनों पार्टियों के प्रदेश मुख्यालयों पर नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी बढ़ने लगा हैं विधानसभा चुनाव को लेकर राज्यभर में चुनावी सरगर्मिया तेज हो गई है

बाडमेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में भी निर्वाचन विभाग के अधिकारी आचार संहिता की पालना को लेकर निरन्तर कार्य कर रहे है

भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ द्वारा जिला कार्य समिति का आयोजन विराटनगर मे किया गया जिसकी अध्यक्षता केन्द्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने की कर्नल राज्यवर्धन ने कहा कि चुनाव का सफल संचालन और प्रबन्धन कानूनविदों के द्वारा ही किया जा सकता है उन्होंने कहा कि केन्द्र और प्रदेष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने में विधि प्रकोष्ठ का सबसे बड़ा योगदान रहा है इस अवसर पर अनेक भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं सहित जमवारामगढ आमेर फुलेरा झोटवाड़ा शाहपुरा विराटनगर और कोटपूतली विधानसभा क्षेत्रों के अधिवक्ता उपस्थित रहे जयपुर जिला मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ महाजन ने एक आदेश जारी कर जयपुर जिले की राजस्व सीमाओं में शांतिपूर्वक स्वतंत्र निष्पक्ष और सुव्यवस्थित ढंग से चुनाव सम्पन्न कराने के लिए निषेधाज्ञा लागू की है ताकि जिले के सभी क्षेत्रों और सभी वर्गो के मतदाता बिना किसी आतंक और भय के अपने संवैधानिक मतधिकार का उपयोग कर सकें

वहीं जिला कलक्टर ने आदर्श आचार संहिता की पालना के लिये निर्देश दिये हैं श्री महाजन ने बताया की कोई राजकीय कर्मचारी ना तो किसी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियों जैसे रैली सभा या चुनाव प्रचार में भाग ले सकेगा और ना ही किसी उम्मीदवार या पार्टी के अभिकर्ता के रूप में कार्य कर सकेगा

उन्होंने कहा कि ऋणशोधन प्रक्रिया संहिता अधिनियम के बन जाने से देश में अब कारोबार करना आसान हो गया है उन्होंने ये बात देहरादून में डेस्टीनेशन उत्तराखंड निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कही उन्होंने कहा कि दुनिया ने आज यह बात स्वीकार कर ली है कि आने वाले दशकों में वैश्विक विकास में भारत की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होगी

करीब आठ दशक में भारतीय वायुसेना टेक्नॉलाजी की दृष्टि से बहुत मजबूत हो गई है वायुसेना दिवस पर आज दिल्ली के पास हिण्डन वायुसेना केन्द्र में भव्य परेड और अलंकरण समारोह आर्योजित किया जाएगा वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल बी एस धनोआ परेड का निरीक्षण करेंगे इसके बाद विमान कौशल प्रदर्शन आयोजित किए जायेंगे जिनमें वायुसेना के अनेक विमान हिस्सा लेंगे पुलिस महानिदेशक ओ पी गल्होत्रा ने कल सीकर जिले के फतेहपुर थानाधिकारी मुकेश कानूनगो और कॉन्स्टेबल रामप्रकाश की हत्या के मामले में घटनास्थल का दौरा किया और घटना में लिप्त बदमाशों को शीघ पकड़कर उन्हें सजा दिलाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए श्री गल्होत्रा ने कल घटनास्थल पर पहुंचकर रेंज आईजी जयपुर वी के सिंह को विशेष टीमें गठित कर अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने के निर्देश दिए उन्होंने एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक और बीकानेर रेंज आईजी को भी बदमाशों को पकड़ने में सहयोग के निर्देश दिये हैं सीकर और झंझन् पुलिस द्वारा गठित विशेष टीमें विभिन्न इलाको में जाकर बदमाशों की तलाश कर रही है उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस द्वारा कुछ बदमाशों को पकड़कर पूछताछ की जा रही है

महानिदेशक ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से फतेहपुर कस्बे में जयपुर से एक ईआरटी की टीम तैनात की गई है उन्होंने कहा कि घटना में लिप्त बदमाशों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी अजमेर के किशनगढ एयरपोर्ट से दिल्ली के लिये आज से नियमित उड़ान शुरू हो जायेगी पहली उड़ान दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से किशनगढ के लिये रवाना होगी